राज्य में बिजली बिलों का भुगतान ऑनलाइन करने वाले उपभोक्ता की संख्या बढ़ी

इससे लगभग साढ़े चार लाख कर्मचारी लाभांवित होगें

वहीं मंत्रिपरिषद ने अध्यापक संवर्ग सेवाओं का शिक्षा विभाग में संविलियन करने का निर्णय लिया है

प्रदेश के सामुदायिक विकासखण्डों और विकासखण्डों के अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन कर इनकी नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर की जाएगी

खेलवृत्ति प्रदेश के अग्रणी खिलाड़ियों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करने के लिए खेलवृत्ति प्रदान की जाएगी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं और राष्ट्रीय तथा राज्य स्कूल गेम्स के सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को खेलवृत्ति प्रदान की जायेगी इसका मुख्य उद्देश्य इन पदक विजेता खेल प्रतिभाओं को आवश्यकता अनुसार डायट किट और एक्यूपमेंट के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है

राजनाथ सिंह केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल भोपाल के ग्राम कान्हासैया में केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का शुभारंभ करेंगे

वे रात्रि विश्नाम राजभवन में करेंगे

इसके बाद भोपाल में मोदी सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे वे दोपहर एक बजे राजाभोज विमानतल से दिल्ली रवाना होंगे स्पिन योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने कल हुई मंत्रि परिषद की बैठक में प्रदेश को स्निप योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये मिले राष्ट्रीय प्रथम पुरस्कार का प्रमाण पत्र सौंपा यह पुरस्कार प्रदेश को एकीकृत बाल विकास परियोजना के सुदृढ़ीकरण और पोषण सुधार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये मिला है मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिये विभाग को बधाई दी है श्रीमती चिटनिस ने बताया कि यह पुरस्कार दस राज्यों के बीच हुई प्रतिस्पर्धा में मध्यप्रदेश को मिला है

इसमें कांग्रेस अध्यक्ष श्री गांधी के साथ प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित पार्टी के अनेक दिग्गज नेता भाग लेंगे

तीनों विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को मोबाइल एप के जरिए ऑनलाइन बिजली बिलों का भुगतान करने की सुविधा दी गई है

सौभाग्य योजना प्रदेश में तीनों विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के द्वारा शत प्रतिशत आबादी को विद्युत प्रदाय करने को काम को गति दी जा रही है इसकी मॉनीटरिंग के लिए अधिकारियों को जिले आवंटित किए गए हैं जानकारी के अनुसार भोपाल क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक अनिल खत्री को राजगढ़ ग्यालियर क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक डीपीअहिरवार को भिण्ड मुख्य महाप्रबंधक स्वाति सिंह को बैतूल की जिम्मेदारी दी गई है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि योजना में पंजीकृत हितग्राही अन्य योजनाओं के लाभों से वंचित नहीं होंगे उन्हें अन्य योजनाओं के लाभ पूर्ववत मिलते रहेंगे पात्र आवेदकों को पंजीयन सत्यापन के अभाव में आर्थिक सहायता से वंचित नहीं किया जायेगा चिकित्सा सुविधा के लिये आय् का बंधन नहीं होगा प्रदेश के सीमावर्ती अन्य राज्यों के शासकीय चिकित्सालयों को भी बीमारी सहायता योजना में जोड़ा जायेगा मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीदी की सतत् निगरानी करें किसानों के नाम पर बेईमानी करने वालों को जेल भेजें श्री चौहान मंत्रालय में प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना की लांचिंग और हित लाभ वितरण की तैयारियों की वीडियो कांफ्रेंस से समीक्षा कर रहे थे इन्दौर जल संकट इंदौर शहर में भीषण जल संकट को लेकर कांग्रेस एक से पांच जून तक नगर निगम के विरोध में मटका फोड़ और हल्ला बोल प्रदर्शन करेगी इस संबंध में महापौर मालिनी गौड़ ने बताया कि निगम नागरिकों को जल समस्या से निजात दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है उन्होंने आरोप लगाते हुये कहा कांग्रेस चुनाव नजदीक आते देख प्रचार प्रसार के लिए आंदोलन कर रही है इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने नगर निगम पर नागरिको के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते हये कहा कि भीषण जलसंकट के कारण इंदौर में लोग परेशान हो रहे हैं

मेले में युवक युवती अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं बायोडाटा के साथ साक्षात्कार के लिये उपस्थित हो सकते हैं कंपनियों द्वारा भर्ती अपनी शर्तों पर की जायेगी मौसम गर्मी प्रदेशभर में पिछले दो हफ्ते से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कल बुंदेलखंड का इलाका सबसे ज्यादा तपा

यह स्थिति पिछले एक पखवाड़े से बनी हई है झुलसा देने वाली गर्मी के चलते घर के बाहर निकलना लोगों के लिए दूभर बना हुआ है इस स्थिति से प्रदेशवासियों को कम से कम दो दिन तक निजात मिलने की संभावना नहीं है मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रदेश के मौसम में कम से कम दो दिन तक विशेष परिवर्तन नहीं होगा राजस्थान की ओर आ रही गर्म हवाओं के चलते गर्मी का असर दिन में ही नही रात में भी बना रहता है गर्मी के साथ साथ राज्य का अधिकतर हिस्सा भी इन दिनों लू की चपेट से जूझ रहा है

श्री आत्मदीप कलेक्ट्रेट में लोक सूचना अधिकारियों की कार्यशाला को संबोधित करेंगे

इस दौरान में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे

राज्य में बिजली बिलों का भुगतान ऑनलाइन करने वाले उपभोक्ता की संख्या बढ़ी